सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम सात बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे कोविड को देखते हए कार्यक्रम के इस संस्करण का आयोजन वर्चअल रूप में किया जा रहा है इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने और उसमें बैठने के बारे में अपने विचार तथा सुझाव साझा करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्वाओं माता पिता और शिक्षकों के साथ नये फॉरमेट में यादगार परिचर्चा होने की संभावना है उन्होंने आशा की कि इस दौरान कई दिलचस्प सवाल सामने आयेंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त होने में मदद मिलेगी परीक्षा पे चर्चा को एक अनूठा कदम बताते हुए कई जाने माने व्यक्तियों ने इसके बारे में विचार साझा किये

बच्चों एक और सूचना है कि आप उस कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले सातों तक लगातार आमने सामने बात करते थे इस बार आप सबके लिए अक्सर है कि ऑनलाइन रूप से वर्ड्रेखल रूप से आप माननीय फ्र्वानमंत्री से सवाल प्रष्ठ सकते हैं बच्चों आप सबको ये भी बताना है कि जिस तरह से आप अपने नॉर्मल जीवन में अपनी दैनिक दिनचर्या में अपने आपको रखते हैं स्वास्थ हंस्ते खेलरे परिवार के बीच व्यवहार करते हैं अपनी परिवासों के दौरान भी वैसे ही करें माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि परीक्षा कक्ष में आप तनाव लेके न जाएं आप आत्मविस्वास लेके जाएं मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को कि आपकी परीक्षाएं अच्छे से हो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के एफ एम गोल्ड और इन्द्रप्रस्थ चैनलों से शाम सात बजे से किया जाएगा आकाशवाणी के सभी राजधानी केन्द्रों प्राइमरी चैनलों और स्थानीय रेडियो केन्द्रों से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम टीवी चैनलों डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों पर देखा जा सकता है यह कार्यक्रम ईडीयू मिन ऑफ इंडिया नरेन्द्र मोदी पीएमओ इंडिया पीआईबी इंडिया डीडी न्यूज दूरदर्शन नेशनल राज्यसभा टीवी स्वयंप्रभा फेसबुक और यूट्ब चैनलों पर शाम सात बजे से देखा जा सकेगा आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये दिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढाने के उद्देश्य तथा मानसिक स्वास्थ्य मॉ और बच्चे की देखभाल तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस वैश्विक स्वास्थ्य से जुडे मुद्दों पर दुनिया भर का ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है इस दिन दुनियाभर के लोग विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं जो स्वास्थ्य के विषयों से संबंधित हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उन सभी के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है जो हमे स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करते हैं उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि यह दिन स्वास्थ्य सेवा में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के लिए हमारी प्रतिबद्वता को दोहराने का भी दिन है श्री मोदी ने सभी से कोविड से लड़ने पर ध्यान केंद्रित रखने का आह्वान किया जिसमें मास्क पहनना हाथ धोना और अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना शामिल है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना से संक्रमण के छः हजार तेईस नए मामले सामने आए हैं इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर इकत्तीस हजार नौ सौ सत्तासी हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में अब तक छः लाख चार हजार नौ सौ उन्यासी लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं जबकि आठ हजार नौ सौ चौसठ लोगों की मृत्यु हुई है श्री प्रसाद ने बताया कि कल एक दिन में प्रदेश में एक लाख छियासी हजार नौ सौ अड़तालीस कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल तीन करोड़ उन्सठ लाख बयालीस हजार एक सौ ग्यारह नमूनों की जांच की जा चुकी है राज्य में कोविड टीकाकरण तेज गति से किया जा रहा है श्री प्रसाद ने बताया कि अब तक कृल पैंसठ लाख पांच सौ छः लोगों को टीके की पहली डोज और ग्यारह लाख सड़सठ हजार तीन सौ तेईस लोगों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है इस तरह कुल छिहत्तर लाख सड़सठ हजार आठ सौ उन्तीस टीके लगाए जा चुके हैं